अब समाचार विस्तार से आचार संहिता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ताराव ने सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहा है जिससे निष्पक्ष निर्भीक समावेशी सुगम और नैतिक मतदान करवाया जा सके उन्होंने कहा है कि चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक दल और प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी किसी भी बातों और कार्यो से बचे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो इस संदर्भ में उन्होंने जातीय धार्मिक या भाषाई आधार पर मतभेद या घुणा की भावना उत्पन्न करने या तनाव पैदा करने वाला कोई काम न करने को कहा है श्री कांताराव ने कहा है कि मत प्राप्त करने के लिये जाति या साम्प्रदायिक भावना की दुहाई नहीं देना चाहिये

कर दर सरकार टैक्स की दरें कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और यदि आगामी वर्षो में इसी रफ्तार से करदाताओं की संख्या बढ़ती रही तो दरें और भी कम की जा सकती हैं आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंटवार्ता में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चन्द्र ने बताया कि सरकार करदाताओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही हैं लेकिन कर चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

उन्होंने कहा कि कर निर्धारण से संबंधित जवाब अब ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं और यह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की उपलब्धि है

मुख्यमंत्री ने त्योंथर और सिरमौर में सभाओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गयी थी और पानी बिजली का घोर अभाव पैदा हो गया था उन्होंने कहा कि रीवा क्षेत्र में किसानों को हरसंभव सुविधाएं देकर फसल उत्पादन को बेहतर बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि रीवा की जमीन पंजाब की जमीन की तरह उपजाऊ बनायी जायेगी जन आशीर्वाद यात्रा आज ग्वालियर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में पहुँचेगी कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य की भाजपा सरकार की नर्मदा संरक्षण की चिंता को खोखला बताया है उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि अगर सरकार को नर्मदा नदी के संरक्षण की चिंता है तो नर्मदा मंत्रालय बनाने की मांग क्यों पूरी नहीं की गई कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में साधु संतों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है चुनाव टिकिट राज्य के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस में विधानसभा सीटों के लिए उम्मीद्वार के चयन की प्रक्रिया जारी है भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कल टिकिट के दावेदारों से भोपाल में मुलाकात कर उनके बारे में जानकारी हासिल की वहीं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने अन्य नेताओं के साथ प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की

इन सीटों पर एक नाम तय करने के प्रयास किये गये हैं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया

इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुख्यमंत्री रमण सिंह भी शामिल हैं जो राजनाद गांव से चुनाव लड़ रहे हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करूणा शुक्ला को खड़ा किया है

इस अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे राजधानी भोपाल में खीर वितरण के कार्यकमों के साथ ही बड़ी झील में भगवान बटेश्वर का नौका विहार का कार्यक्रम भी रखा गया है इसके पूर्व उनका विशेष श्रृंगार किया जायेगा इन्दौर में भी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और खीर वितरण कार्यक्रम होंगे खंडवा में संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर आज शरद पूर्णिमा आस्था भक्ति के साथ मनाई जाएगी यहां रातभर हजारों भक्त अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए रतजगा करेंगे सैंकड़ों सालों से चले आ रहे सिंगाजी महाराज के मेले का भी आज मुख्य कार्यकम रहेगा आसपास के कई क्षेत्रों से श्रद्वालुजन आज सिंगाजी की समाधि पर पहॅच रहे हैं

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाल्मीकी जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं श्रीमती पटेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचियता और आदिकवि थे उनके द्वारा रचित रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो मर्यादा सत्य प्रेम भ्रातत्व मित्रत्व एवं सेवक के धर्म की सीख देता है वाल्मीकी जयंती आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इन्दौर में अखिल भारतीय वाल्मीकि सनातन धर्म सभा द्वारा शोभायात्रा और कलश यात्रा निकाली जायेगी नर्मदा महोत्सव जबलपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव का शुभारंभ कल रंगारंग कार्यक्रमों से हुआ इस दौरान कलाकारों द्वारा मनमोहक नृत्यों की प्रस्तति दी गई नर्मदा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग भेड़ाघाट पहुंचे दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के प्रथम दिन कलाकारों द्वारा नृत्यों की प्रस्तुति दी गई वहीं सूफी गायक कविता पौड़वाल की शानदार प्रस्तुति ने उपस्थित जनो का मन मोह लिया महोत्सव के दूसरे दिन आज हंसराज हंस अपनी प्रस्तुति देंगे उर्दू अकादमी राजधानी भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में संस्कृति विभाग की उर्दू अकादमी द्वारा आज अफसाने का अफसाना कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा उर्दू अकादमी की सचिव डॉ नुसरत मेंहदी ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश और देश के विभिन्न अंचलों के अफसानानिगार शिरकत करेंगे यह कार्यक्रम दो सत्र में किया जायेगा हॉकी ओमान के मस्कट में एशिया चौम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में कल रात राउंड रॉबिन मुकाबले में भारत और मलेशिया के बीच मैच ड्रॉ रहा दोनों देश पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुके हैं

भारत आज अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा जबकि मलेशिया और पाकिस्तान की भिड़ंत कल होगी